कांग्रेस आरोप प्रदेश कांग्रेस ने आज राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह पर आरोप लगाए हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा है कि वे बतायें कि उनकी सरकार ने कितने नये शासकीय मेडिकल कालेज और अस्पताल खोले हैं

वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने टिकिट दावेदारी पेश किये जाने संबंधी सवाल पर कहा है कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है पार्टी बेहतर उम्मीद्वार को मैदान में उतारेगी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी दी वहीं सतना में आज मतदान दल के चार हजार कर्मचारियों के प्रशिक्षण की शुरूआत हुई उधर बैतूल में भी दिव्यांग मतदाताओं के लिये सुगम मतदान कराने हेतु तैयारियां की जा रही हैं दिव्यांग जनों को जागरूक करने के लिये दिव्यांग मतदाताओं की एक रैली निकाली गई इसके पहले उन्हें ईवीएम और वीवीपेट मशीन की जानकारी दी गई अनूपपुर में भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्वेश्य से कल पिंक रैली निकाली जायेगी वहीं श्योपुर में भी निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर हैं

खंडवा में नागरिकों को जागरूक बनाने के लिये अनूठी पहल की गई है हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में नागरिकों को गुलाब का फूल देकर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है

सुश्री पटेल आज नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया था कार्यशाला का उद्देश्य राज्य और जिला सत्र के अधिकारियों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संचालन पक्षों की जानकारी देना था अभियान से जुड़े एक सौ से अधिक अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा राज्य स्तर पर स्टार प्रचारकों को हल्के गुलाबी रंग के पेपर में अनुमति जारी की जायेगी इसी तरह राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति हल्के नीले रंग के पेपर में मिलेगी रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा अभ्यर्थियों को वाहन की अनुमति पीले रंग के पेपर में दी जायेगी जिला स्तर पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को वाहन की अनुमति हल्के हरे रंग के पेपर में जारी की जायेगी स्वीप गतिविधियां खंडवा जिले में विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले के नेतृत्व में जिले में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसी कड़ी मे खण्डवा जिले के हाट बाजारो में ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को गुलाब का फूल देकर मतदान करने हेत् प्रेरित किया जा रहा है

इसी प्रकार उसे सम्बोधित भी नही करेगा कोई भी प्रत्याशी प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन धार्मिक शादी विवाह समारोह में सम्मिलित होकर चुनाव प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी अपील नही करेगा कोई भी प्रत्याशी संगीत समारोह नाट्य अभिनय और मनोरंजन के किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं करेगा जिससे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकें डेंगू मौत प्रदेश के कई जिलों में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है मुरैना में डेंगू से तीन बच्चों की मौत हो गई है जिले में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है वहीं ग्वालियर मुरैना के अस्पतालों में डेंगू पीड़ित मरीज भर्ती हैं डेंगू पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि जिला चिकित्सालय में समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामले सामने आने पर अलर्ट हो गया है द्वेन टीकमगढ़ जिले में आज लोगों ने एक ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रैक पर लेटकर करीब एक घंटे तक ट्रेन को रोका रहा सूत्रों के अनुसार कुडीला पुलिस थाना क्षेत्र के टीला गांव में लोगों ने ट्रेन पर चढ़ने के लिए लगभग एक घंटे तक खज़ुराहो भोपाल महामना एक्सप्रेस को रोककर रखा गाड़ी में जगह न मिलने पर लोगों ने गाड़ी पर पथराव किया इस घटना के चलते यह ट्रेन बिलंब से एक घंटे बाद जब टीकमगढ़ स्टेशन पहुंची तो वहां भी लोगों ने जमकर हंगामा किया इसके बाद सवारियों ने स्टेशन मास्टर के साथ भी अभद्रता की हलांकि इस मामले में किसी के खिलाफ प्रकरण दर्ज नही हुआ है न ही जनहानि की खबर है वहीं मुरैना में भी मालगाड़ी के दो पहिये पटरी से उतर गये जिसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई

जिसमें भोपाल गैस प्रभावितों को श्वांस में होने वाली दिक्कतों का परीक्षण कर दवाईयां दी जायेंगी इसका आयोजन श्री अखण्ड आयुर्वेद भवन महोबा द्वारा किया जायेगा

जिसके जरिए लोगों को मतदान के महत्व को बताया जायेगा

हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया जिससे बड़ा हादसा टल गया